प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सभी विभागों में खाली पदों को भरना संभव नहीं है लेकिन सरकार विभिन्न विभागों में क्रियाशील पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए प्रयासरत है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके वे आज विधानसभा में स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पदों को लेकर विधायक राम लाल ठाकर और जीत राम कटवाल के संयुक्त सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा इससे स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी को परा किया जाएगा इससे पर्व मुल सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि जहां पर विशेषज्ञों की जरूरत होगी वहां पर इनकी तैनाती कर दी जाएगी

वक्तव्य कोरोना मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा हैं कि वे मास्क लगाने की अनिवार्यता पर ज़्यादा ज़र्माना लगाने के पक्ष में नहीं हैं आज विधानसभा में कोविड महामारी से बचाव को लेकर सावधानियों संबंधी एक विशेष वक्तव्य पर बोलते हए उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस से लोगों को दो गज की दूरी और मास्क पहनने के लिए जागरूक करने को कहा जाएगा

उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहत तेजी से फैल रही है और नियमों में लापरवाही की वजह से ही सरकार को फिर से बंदिशे लगानी पड़ी हैं इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से सदन के समी सदस्यों और प्रदेशवासियों से अपील की कि वे कोविड बचाव के लिए उचित व्यवहार को कडाई से अपनाएं इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वह लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक करने को प्रभावी कदम उठाएं उन्होंने मास्क न पहनने वालों का पांच हजार रुपए का चालान काटने का विरोध किया विधायक हर्षवर्धन चौहान ने सदन में अधिकांश सदस्यों और खासकर मुख्यमंत्री द्वारा मास्क न पहनने पर कड़ा एतराज जताया

सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने प्रदेश में कोरोना की दसरी लहर को रोकने के लिए फिर से बंदिशें शुरू करने की बात कही उन्होंने इसके लिए सभी सदस्यों और प्रदेशवासियों से सहयोग मांगा उन्होंने बजट सत्र में सकारात्मक सहयोग के लिए विपक्ष विधानसभा सचिवालय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और अधिकारियों कर्मचारियों का आभार जताया